सोनीपत पिले में बरौदा हलके में हो रहे उप च्नाव प्रचार में तेज़ी आई

भारतीय सेना के एसएआई नाम से संदेश वाली एक एप्प विकसित की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था उममीद से ज्यादा तेज़ी से पटरी पर लौट रही है और हाल ही में किये गये सुधार विश्व के लिए संकेत है कि नया भारत बाज़ार और बाज़ार की ताकत पर विश्वास व्यक्त किया कि सरकार द्वारा हाल ही में किये गये श्रम सुधारों से निनिर्माण व कृषि क्षेत्र में विकास की दर बढ़ाने और परिणाम हासिल करने में मदद मिलेगी

यह भारत की रक्षा की विकास गाथा में विश्व के भरोसे का स्पष्ट संकेत है प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कार्पोरेट कर में कटौती कोयला क्षेत्र में व्यावसायिक खनन की शुरूआत अंतरिक्ष क्षेत्र को निपी निवेश के लिए खोलने और नागर विमानन के इस्तेमाल के लिए हवाई मार्गो से रक्षा प्रतिबंध हटाने औसे कुछ कदमों से विकास दर को बढ़ाने में मदद मिलेगी

सोनीपत शिले में बरौदा मे हो रहे उप च्नाव के लिए प्रचार तेज़ हो गया है आध म्ख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व म्रख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हड्डा ने अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे और उनकी श्रीत का दावा किया हमारे संवाददाता ने बताया कि पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा ने बरौदा हलके के सिंकदरपुर मा रा बलि ब्राह्मण् कटवाल और भैंसवाल कलां गांव का दौरा किया और कांग्रेस प्रत्याशी इंद्रा नरवाल के लिए वोट मांगते समय किसानों की फसल न्यनूतम समर्थन मूल्य पर न बिकने का आरोप लगाया वहीं म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान कांग्रेस के झांसे में आने वाले नहीं है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है उधर आ कृषि मंत्री े पी दलाल ने भिवानी में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि बरौदा उप च्नाव में बी पी पेतेगी उन्होंने कहा कि दीपाली से पहले किसानों को उनकी फसल की अदायगी कर दी थायेगी म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर झूठ की रा नीति करने का आरोप लगाया है

म्ख्यमंत्री आ बरौदा विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए थाने से पहले रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार द्वारा गत दिनों लागू किये गये तीन कृषि कानूनों के संदर्भ में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भविष्य में इन कृषि कानूनों का किसानों को लाभ होगा किसानों को अपनी फसलों का ज्यादा भाव मिलेगा उन्होंने स्पष्ट किया मंडियो भी रहेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्रू भी थारी रहेगा यदि किसानों को फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो सरकार दवारा फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा ायेगा

गरूक करने के लिए श्रू की गई नई श्रंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आ का संदेश है

कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें

हमारी पंचकूला से संवाददाता ने बताया कि आ यमुनानगर में तीन फतेहाबाद में दो बकि हिसार गुरूग्राम और कुरूक्षेत्र में एक एक कोविड मरीज़ की मृत्यु हुई है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने भारतीय नता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गू रात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री केश्भाई पटेल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है

भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट यानि एसएआई नाम से संदेश भे ने वाली एक एप्प विकसित की है इस एप्प के माध्यम से एंड्रॉएड फोन पर सुरक्षित वॉयस टैक्स्ट और वीडियो कॉल सेवायें उपलब्ध होंगी

यह एप्प देश मे ही सर्वर एवं कोडिंग होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित है रक्षा मंत्री रा नाथ सिंह ने एप्प विकसित करने वाले कर्नल साई शंकर की सराहना करते हये कि ये एप्प सेना को सुरक्षित अंदरूणी संदेशों के आदान प्रदान के लिए मददगार होगी हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा है कि बा रा खरीद के लिए रेवाड़ी बावल व कोसली में टोकन संख्या बढ़ा दी गई है तथा अब बा रा की खरीद रविवार को भी होगी

एक सवाल के ा वाब में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंको को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया थारी है

हरियाणा सरकार राज्य में प्रगतिशील कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रतिबदध है इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश एवं व्यवसाय प्रोत्साहन नीति तैयार की है